बिहटा में पांच सौ बेड का बनेगा कोविड अस्पताल

सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ दस नये मामले पाये गये

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिहार के पन्द्रह जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा इससे राज्य की चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग प्ररी होगी ऑक्सीजन संयंत्रों की मॉनिटरिंग रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ द्वारा की जायेगी पटना में मसौढ़ी रोहतास में डेहरी ऑन सोन वैशाली में महुआ नवादा में रजौली पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज सिवान में महाराजगंज और मध्बनी जिले में जयनगर में यह संयंत्र स्थापित किये जायेंगे वहीं भोजपुर जिले के जगदीशपुर बक्सर के ड्मराव समस्तीपुर के पटोरी पूर्णिया के वनमनखी बेगूसराय के बलिया अररिया जिले के फारबिसगंज भागलपुर जिले के कहलगांव और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में यह संयंत्र स्थापित किये जायेंगे इनकी स्थापना पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत की जायेगी प्रत्येक संयंत्र की न्यूनतम क्षमता नौ सौ नब्बे लीटर प्रति मिनट होगी एक किलोलीटर तरल ऑक्सीजन से एक सौ ग्यारह सिलेंडर भरे जा सकेंगे इस योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों में पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेना ने अपने दो फील्ड अस्पतालों को पूर्वोत्तर से पटना शिफ्ट कर दिया है अब इन दोनों अस्पतालों से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की सेवा पटना के बिहटा में पांच सौ बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए ली जाएगी इस अस्पताल में सघन चिकित्सा के लिए सौ बिस्तर होंगे अगले दो दिन में अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग स्टाफ और प्रशिक्षित सहायक भी अस्पताल को उपलब्ध कराए जाएंगे सेना ने एक विशेष कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है जिसमें महानिदेशक के स्तर के अधिकारी सीधे थल सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के जिलावार आवंटन में परिवर्तन किया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सभी सिविल सर्जनों को जिलों में आवंटित रेमडेसिविर का पचास प्रतिशत सरकारी अस्पतालों जबकि शेष पचास प्रतिशत निजी अस्पतालों में उपयोग करने का निर्देश दिया है श्री पांडेय ने कहा कि पटना जिले में रेमडेसिविर के क्ल आवंटन का बीस प्रतिशत भाग सरकारी अस्पतालों में जबकि अस्सी प्रतिशत भाग का उपयोग जिले के चिह्नित निजी अस्पतालों में किया जायेगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे नुकसान हो सकता है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है डॉ गुलेरिया ने कहा कि हल्के लक्षणों वाले रोगियों की सीटी स्कैन में ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं

आप होम आइसोलेशन पर हो और आपकी सेचुरेशन ठीक है और आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं अगर हम एक सीटी कराते हैं तो इट इज इक्यूवेलेंट दू आलमोस्ट थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एक्सरेज और यह भी डेटा है आई ए ई का भी इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजिज तो अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है कि कोविड होने के बावजूद लोगों को बचाव के लिए टीका लेना चाहिए

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा वहीं कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता आदेश में कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने सुरक्षित द्री बनाए रखने सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना चाहिए

सशस्त्र बलों के चिकित्सक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सेवाएं दे रहे हैं कोई भी रोगी इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा एएफएमएस के अनुभवी डॉक्टरों से अपने घरों पर रह कर ही ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों की तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है आज कोविड के तेरह हजार चार सौ छियालीस नये मामलों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ दस नये मामले पाये गये वहीं मुजफ्फरपुर में छह सौ तीस मुंगेर में छह सौ तीन नालंदा में पांच सौ अड़तालीस और पश्चिम चंपारण में पांच सौ सैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर सारण सुपौल और वैशाली जिले में भी पांच सौ अधिक मामले सामने आये हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक है कोविड वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नियम को बदला गया है अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आये चार अंकों का सुरक्षा कोड को बताने पर टीकाकरण होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और कल से कोविन पोर्टल में इस बदलाव को जोड़ दिया जायेगा पटना के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एस पी विनायक ने बताया कि टीकाकरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सुरक्षा कोड लागू किया गया है भागलपुर जिले के नवगछिया बाजार क्षेत्र में एक कंटेनमेंट जोन में बेरिकेडिंग को हटाकर प्रवेश करने के मामले में जदयू विधायक गोपाल मंडल और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इधर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में आज राज्य के विभिन्न जिलों में कई दुकानों को सील कर दिया गया जमुई जिला प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने वाले शहर के चौदह दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है शेखपुरा जिले में बरबीघा थाना क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने पर तीन दुकानों को सील कर दिया गया वहीं इन दुकानदारों से पांच हजार रूपये का जुर्माना की वसूला गया इधर रोहतास जिले के डेहरी में ऑक्सीजन का जमाखोरी करने के आरोप में स्टेशन रोड स्थित एक दुकान के मालिक को इक्यानवे ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ गिरफ्तार किया गया है नालंदा जिले के जानेमाने फिल्मकार एस के अमृत का कोविड के कारण आज निधन हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस महामारी से आज सात लोगों की मृत्यु हो गयी बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म भरने का तारीख बढ़ाकर पच्चीस मई कर दी गयी है परीक्षा की नोडल एजेंसी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कहा है कि प्रवेश परीक्षा पन्द्रह जून को आयोजित की जायेगी इधर कर्मचारी चयन आयोग ने कोविड के चलते कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल टीयर वन की परीक्षा स्थगित कर दी है

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण दरभंगा सीतामढ़ी सहित आसपास के जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई है अररिया कटिहार किशनगंज और पूर्वी बिहार के कुछ अन्य जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर पश्चिम चंपारण जिले के भेड़िहरवा में वज्रपात की घटना में एक स्थानीय ग्रामीण की मौत हो गयी पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया है कि प्रदेश के आधिकांश भागों में अगले तीन से चार दिनों तक हल्के बादल छाये रहेंगे

राज्य के नियोजित शिक्षकों सहित सभी शिक्षा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान दो सप्ताह के भीतर हो जायेगा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है श्री चौधरी ने कहा कि प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालयों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की राशि जारी की जा चुकी है

अलविदा जुमा के अवसर पर लोगों ने अपने अपने घरों में विशेष नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों के बंद रहने के कारण घरों में ही अलविदा ज़ुमा की नमाज़ की व्यवस्था की गयी थी

बिहटा में पांच सौ बेड का बनेगा कोविड अस्पताल

सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ दस नये मामले पाये गये